बैठक में संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही सुचारु रूप से चलाने के लिए विपक्ष से सहयोग करने की अपील की जाएगीं इस सत्र में संसद में तीन तलाक विधेयक के अलावा केंद्रीय शैक्षणिक संस्थानों में शिक्षक कैडर आरक्षण विधेयक तथा आधार और अन्य संशोधन कानून से संबंधित विधेयक पेश किए जाएंगे

जिससे गर्मी के दौरान पैदा होने वाले जलसंकट से निपटा जा सके प्रधानमंत्री के हस्ताक्षर वाले ये पत्र जिला कलेक्टर खुद गांव गांव जाकर मुखियाओं को दे रहे हैं एक आधिकारिक जानकारी के अनुसार पूर्वी उत्तरप्रदेश के छह सौ सैतीस ग्राम प्रधानों को ये पत्र सौंपे गये हैं इन पत्रों में श्री मोदी ने लिखा है कि बारिश के पानी के संग्रहण को लेकर ग्रामसभाओं में चर्चा की जाये

उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार विभिन्न उपकर और अधिकार से जो राशि राज्यों से टैक्स के रूप में एकत्रित करती है उसमें राज्यों की बराबरी की हिस्सेदारी हो मुख्यमंत्री ने प्रमुख सहायक नदियों के लिये अलग से नदी कार्य योजना बनाने और खनिज संपन्न राज्यों को अपना जायज हिस्सा मिलने पर जोर दिया

कल भोपाल के हिन्दी भवन में उन्होंने कॉन्फेडेरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स की प्रदेश इकाई की बैठक में कहा कि व्यापारी अर्थव्यवस्था का आधार होते है व्यापार और व्यवसाय में अंतर ही विकसित और पिछडी अर्थव्यवस्था का स्वरूप निर्धारित करता है उन्होंने कहा कि व्यापारिक गतिविधियों में संलग्न महिलाओं को आगे लाना जरूरी है

उन्होंने कहा है कि ज्यादा मरीजों की संभावना को ध्यान में रख कर व्यवस्थाएँ की जायें स्वास्थ्य विभाग द्वारा जिलों के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों और अस्पतालों के सिविल सर्जन को व्यवस्थाओं संबंधी आवश्यक निर्देश ज़ारी कर दिये गये हैं उनसे कहा गया है कि अस्पतालों में ओपीडी की व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करने में जरूरत होने पर संभागायुक्त कलेक्टर पुलिस अधीक्षक से भी सहयोग प्राप्त करें स्वास्थ्य आयुक्त ने इस संबंध में संभागायुक्तों और जिला कलेक्टरों को भी ओपीडी की व्यवस्थाओं में सहयोग के लिए कहा है

जिसमें योग दिवस तक हम हर दिन सुबह और शाम के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन में आम लोगों के लिए उपयोगी किसी एक योगाभ्यास के तरीके और उसके फायदे के बारे में बताएंगे आज शाम के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन में आप त्रिकोणासन के बारे में जान सकते है